इन कानूनों का उद्देश्य देश की कृषि व्यवस्था में बदलाव लाना और किसानों की आय बढ़ाना है

इसके अन्सार किसानों को कृषि उपज के मूल्य का आश्वासन मिल सकेगा

नए कानून का उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने के लिए कृषि उपज विपणन समिति ए पी एम सी मण्डी के अतिरिक्त अपनी उपज बेचने का विकल्प देना है यह मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य एम एस पी पर खरीद प्रणाली के अतिरिक्त होगा इससे किसानों की आय में स्थिरता आएगी इन कानूनों से ऐसा माहौल तैयार होगा जिसमें किसान और व्यापारी को अपनी कृषि उपज खरीदने और बेचने की आजादी होगी इससे किसानों को अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे और उनकी बाजार लागत घटेगी इन प्रावधानों से किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिल सकेंगे

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के बगैर भारत की संस्कृती अधूरी है बताते चले कि श्री अमित शाह पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष भी है श्री शाह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्वोत्तर क्षेत्र भारत के पसंदिदा पर्यटन और व्यापार गंतव्य बनकर उभरेंगे उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आर्थिक विकास व्यवसाय गंतव्य और रोजगार के लिए पूर्वोत्तर में शांती कायम होना बहत जरुरी है केंद्रीय ग़ह मंत्री ने कहा की पूर्वोत्तर पहले उग्रवाद ब्लॉकेड और हिंसा के लिए जाने जाते थे लेकिन अब विकास पर्यटन जैविक खेती उदयोग और स्टार्ट अप के लिए जाने जाते है

विश्वविद्यालय रेजिस्ट्रार डॉ एन टी रिकाम ने कहा कि विश्वविद्यालय इस म्श्कित समय में हर तरह की च्नौतियों का सामना करने को तैयार है

आर जी य् के क्लपति प्रोफेसर साकेत ख्शवाहा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी कॉलेजो से एक जूट होने की अपील की ताकि विश्वविद्यालय किसी भी किमत पर छात्रों की आगामी शैक्षणिक सत्र को छ्टने न देने को स्निश्चित कर सके इस दौरान प्रो वाइस सेनस्लर प्रोफेसर अमितावा मित्रा ने कहा की राजीव गांधी विश्वविद्यालय और सभी संबंद्ध कॉलेज आगामी शैक्षणिक सत्र की श्रुआत के लिए और ऑनलाइन परिक्षाओ की सफलता के लिए एक द्रसरे को सहयोग करेंगे